केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे इस वार्षिक आयोजन में विश्व के प्रमुख नेता और एक सौ से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे इस वर्ष सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र अर्थव्यवस्था उद्योग प्रौद्योगिकी भू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोग बढ़ाना है मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे है

श्री नाथ के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी दावोस यात्रा पर है

राशन दुकान प्रदेष के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने षासकीय राषन दुकानों पर उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देष दिए हैं इंदौर में कल संभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ऐसे उपभोक्ता जो राशन की दुकान तक नहीं आ सकते हैं उन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने की सुविधा षुरु की गई है श्री तोमर ने कहा कि राशन की दुकानों पर आने वाले ब्जूर्ग दिव्यांग तथा बीमार उपभोक्ताओं को राशन के लिये कतार में खड़ा नहीं होना पड़े ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये बैठक में उन्होंने रबी उपार्जन के लिये खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये छाया पानी भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देष दिए सोलर पार्क राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क शाजापुर आगर मालवा और नीमच जिलों में स्थापित किया जा रहा है इसकी तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई हैं

इसके लिए केवल बंजर भूमि का उपयोग किया जायेगा यह संयंत्र प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा

जागरूक बालिका समर्थ मध्यप्रदेश की थीम पर आयोजित किये जाने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरुकता पैदा करना और उन्हें नए अवसर मुहैया कराना है

कल नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता प्रस्कार समारोह में बोलते हए राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम के मामले में संयम और जिम्मेदारी के बुनियादी सिद्वांत को काफी हद तक कम करके आंका गया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्दौर से प्रायोगिक तौर पर इसकी षुरुआत करेंगे घर पहुंच नागरिक सेवा में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को चयनित सेवाएं घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी इंदौर कलेक्टर लोकेष जाटव ने बताया कि आवेदक स्वयं ऑनलाइन सिटीजन लॉगइन के माध्यम से या लोक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है

आवेदन का निराकरण होने पर दस्तावेज आवेदक के पते पर भेज दिए जायेंगे षुरुआती तौर पर इसे सिर्फ शहरी सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा

कुपोषण अभियान उमरिया जिले को कुपोषण मुक्त बनाने का लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है

प्रदेष के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कल केंद्रीय जेल में दंत चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया यह इकाई इंदौर के इंडेक्स चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से षुरु की गई है

मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है हालांकि कई जगहों पर बादल छाने से तापमान में मामूली वृद्धि हुई है